दरभंगा और समस्तीपुर में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर संतावन हजार दो सौ सत्तर हुई

बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगा कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पहली बार सत्र का आयोजन विधानमंडल परिसर से बाहर किया जा रहा है पहले यह सत्र चार दिनों का निर्धारित था जिसे बाद में सर्वदलीय बैठक में एक दिन का करने पर सहमति बनी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि विधानसभा की बैठक चार घंटे चलेगी दिन के ग्यारह बजे से पहली पाली की शुरूआत होगी जिसमें विधायी कार्य निपटाये जायेंग और प्रथम अनुप्रक बजट के साथ साथ राजकीय विधेयकों को पेश किया जायेगा श्री चौधरी ने बताया कि भोजनावकाश के बाद दूसरे सत्र में बाढ़ और कोरोना महामारी को लेकर चर्चा होगी इस एक दिवसीय सत्र में सदस्यों से किसी प्रकार के प्रश्न नहीं लिये जायेंगे सोलहवीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र होगा राज्य में दो हजार सात सौ बासठ नये कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर संतावन हजार दो सौ सत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में चार सौ छियासठ नये संक्रमितों की पहचान की गई है वहीं भागलपुर में एक सौ सत्तर नालंदा में एक सौ उन्नीस और वैशाली में एक सौ इकतीस नये संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इधर स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर छत्तीस हजार छह सौ सैंतीस हो गयी है राज्य में कोरोना संक्रमण से मुक्त हो स्वस्थ होने की दर चौंसठ प्रतिशत है इधर पिछले चौबीस घंटों में दस लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर तीन सौ बाईस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पिछले छह दिन में जांच की संख्या दोगुनी हो गई राज्य में प्रतिदिन कोविड उन्नीस के पचास हजार नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है नवादा के सांसद चंदन कुमार और उनकी पत्नी तथा पुत्र सहित परिवार के कई सदस्यों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सांसद चंदन कुमार के निजी सहायक ड्राईवर और बॉडीगार्ड के साथ ही कई कर्मी भी संक्रमित पाये गये हैं इधर फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच के लिये पटना से मुम्बई भेजे गये पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुम्बई में देरा रात क्वारेंटीन कर दिया गया है अब वे चौदह दिनों तक क्वारेंटीन में रहेंगे मुम्बई प्रशासन ने कोरोना का हवाला देते हुये यह कार्रवाई की है इस बीच राज्य के पुलिस महानिदेश गुप्तेश्वर पाण्डेय ने मुम्बई प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुये कहा है कि वे इस संबंध में महाराष्ट्र के डीजीपी से बातचीत करेंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार शाखा के राज्य सचिव और पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह का देर रात पटना में निधन हो गया अठहत्तर वर्षीय श्री सिंह कोरोना से पीड़ित थे उनका इलाज पिछले पांच दिनों से पटना के एम्स में किया जा रहा था वे खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड के कैथी गांव के रहने वाले थे उनके निधन पर वाम नेताओं सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा द्ःख व्यक्त किया है भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड उन्नीस संक्रमण के उपचार का टीका विकसित करने में अभी कुछ समय लगेगा उन्होंने संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ऐहतियाती उपाय करने की अपील की है

दूसरा खुद की आत्मरक्षा करने और दूसरों को भी ये संक्रमण से बचा कर रखें इसके लिए हमें ये करना जरूरी है हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से दो मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें और तीसरा हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सेनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें अगर यो उपलब्ध हो तो भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड उन्नीस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी ने कोविड उन्नीस के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किये गये गहन मूल्यांकन के बाद भारतीय सीरम संस्थान को यह परीक्षण करने की मंजूरी दी पटना उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण को देखते हुये दस अगस्त तक राज्य के सभी न्यायालयों को बंद रखने का निर्देश दिया है न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल नवनीत कुमार पाण्डेय की ओर से इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को पत्र भेजा गया है आदेश में कहा गया है कि इस दौरान न्यायायिक दंडाधिकारी केवल रिलिज और रिमांड करने का जरूरी कार्य अपने आवास से करेंगे पटना प्रमंडल आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने दुकानदारों के मास्क नहीं पहनने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानें तीन दिनों के लिये बंद कर दी जायेगी आयुक्त ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाये कि दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार हो इस संबंध में नगर निगम और जिला प्रशासन को धावा दल तथा निगरानी टीम बनाने का निर्देश दिया गया है कोरोना संक्रमण के बीच बिहार विधान सभा चूनाव की तैयारी भी चल रही है चुनाव आयोग ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है प्रदेश में इस बार चौंतीस हजार अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाये जायेंगे इसके साथ ही राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार हो गयी है आयोग ने सभी ब्रथों पर अधिकतम एक हजार मतदाताओं की संख्या सीमित कर दी है आयोग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस बार एक ब्रथ पर औसतन पांच से छह मतदानकर्मियों की तैनाती होगी साथ ही मतदान के लिये बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों को पेट्रोलिंग और स्टेटिक मजिस्ट्रेट भी बनाया जायेगा प्रदेश में नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है लगातार सुरक्षा तटबंधों के टूटने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है विभिन्न जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच सहायता पहुंचायी जा रही है इस बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इकतीस टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं प्रभावित इलाकों में उन्नीस राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है मुजफ्फरपुर में तिरहुत नहर का पूर्वी तटबंध टूटने के बाद पश्चिमी तटबंध भी टूट गया है और ब्योरा हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता से

बागमती अधवारा समूह और करेह नदियों में लगातार वृद्धि जारी है

जिले के शिवाजीनगर सिंधिया बिथान और हसनपुर में लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है उधर पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण शिवहर गोपालगंज सारण और सिवान में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है मधेपुरा के चौसा प्रखंड की सात पंचायते बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है पटना में गंगा नदी खतरे के निशान के आसपास है जल संसाधन विभाग ने इसको लेकर अभियंताओं को अलर्ट किया है गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट में लाल निशान से एक मीटर बाईस सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पश्चिम चंपारण जिले के लालबगिया घाट मुजफ्फरपुर के अहिरवलिया सिकंदरपुर तथा समस्तीपुर और खगड़िया में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में लाल निशान से सोलह सेंटीमीटर ऊपर चली गयी है वहीं रून्नीसैदपुर में यह लगभग दो मीटर ऊपर है बेनीबाद और हायाघाट में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से बीस लोगों की मौत हो गयी है बाढ़ के कारण डूबने से सहरसा में चार दरभंगा में तीन गोपालगंज सीतामढ़ी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में दो दो लोगों की मौत हो गई वहीं पूर्णिया कटिहार छपरा मधुबनी और शिवहर में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है सावन के अंतिम सोमवारी के साथ ही भाई बहन के अनमोल प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की कलाई पर राखियां बांधती हैं और उनकी संपन्नता अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना करती हैं भाई भी बहनों को सुरक्षा और सहयोग का वचन देते हैं तथा उन्हें उपहार प्रदान करते हैं

कोरोना संक्रमण को देखते हुये इस बार बाजार में बिक रही खुली मिठाईयों से लोग परहेज कर रहे हैं वहीं इस वर्ष चीन के राखी उत्पादों का स्थान भारतीय कंपनियों और स्व सहायता समूहों ने पूरी तरह ले लिया है आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बाद दुकानदारों और लोगों ने चीन की राखियों का पूरी तरह बहिष्कार किया है रक्षाबंधन पर्व को वन विभाग वृक्ष स्रक्षा दिवस के रूप में भी मना रहा है इसके लिये वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर सुरक्षा का संकल्प लिया जा रहा है रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अयोध्या में पांच अगस्त को श्रीराम मंदिर के लिये होने वाले भूमि पूजन के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर की ओर से विशेष लड्डू बनाये गये है महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव अचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि तैयार किये गये पैंतालीस हजार लड्डू आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जायेगा पटना विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की पूर्व अध्यक्ष और मूर्धन्य साहित्यकार वीणा रानी श्रीवास्तव का कल नई दिल्ली में निधन हो गया वो पिछले कई दिनों से बीमार थीं वे हिन्दी साहित्य के स्तंभ रहे पद्मश्री पूर्व सांसद स्वर्गीय शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव की पत्नी थी उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ सहित कई साहित्यकारों ने गहरा शोक प्रकट किया है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 देश में कोरोना संक्रमण की खबर को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है अमित शाह अस्पताल में भर्ती अमिताभ स्वस्थ हो घर लौटे यूपी में महिला मंत्री की मौत तमिलनाड़ के राज्यपाल भी संक्रमित प्रभात खबर लिखता है राज्य में प्रतिदिन कोरोना जांच पैंतीस हजार के पार सत्रह दिनों में पॉजिटिव मिलने की दर आधी दैनिक भास्कर ने बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र की खबर का शीर्षक लगाया है सौ साल के इतिहास में पहली बार सदन से बाहर होगा सत्र और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज

दरभंगा और समस्तीपुर में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर संतावन हजार दो सौ सत्तर हुई